अभिनेता मनोज वाजपेयी पर्वतारोही बछेन्द्री पाल क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर और फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री को पद्म श्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया वहीं दीन दयाल उपाध्याय शिमला के डॉक्टर ओमेश भारती को भी एंटी रेबीज प्रोटोकॉल के लिए पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया

आउट रीच भारत सरकार के सुचना व प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउट रीच ब्यूरो हमीरपुर के सौजन्य से आज नादौन खंड के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रैल में मतदाता जागरूकता शिविर लगाया गया जिला निर्वाचन आयोग और आईटीआई के सहयोग से आयोजित इस शिविर में विद्यार्थियों को मतदान व मताधिकार की विस्तृत जानकारी दी गई

मोबाइल ऐप कुल्लू जिले में लोगों को मतदान के महत्व के बारे में शिक्षित करने और चुनाव में मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी युनूस ने आज स्वीप कुल्लू मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया

इस ऐप को एंड्रॉयड मोबाइल फोन पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता हेल्पलाइन एक नौ पांच शून्य को भी इससे जोड़ा गया है युनूस ने कहा कि चुनाव संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत व समस्या के समाधान सहित फोटो पहचान पत्र बनाने के लिए भी इस ऐप की मदद ली जा सकती है उन्होंने कहा कि जिले में व्यवस्थित मतदाता शिक्षा व मतदान में सहभागिता यानि स्वीप गतिविधियों को बल देने के लिए भी एक योजना तैयार की गई है मंडी उपायुक्त लाहौल स्पीति जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी अश्वनी कुमार चौधरी ने कहा है कि सेक्टर मैजिस्ट्रेट और सेक्टर अधिकारियों को चुनाव संबंधी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए है केलंग में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं चौधरी ने कहा घाटी में बर्फबारी से अवरूद्व सड़कों की बहाली के बाद स्वीप अभियान चला कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जाएगा बैठक में सहायक रिटर्निंग अधिकारी अमर नेगी भी मौजूद रहे

जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कश्यप ने सभी पात्र युवाओं से संबंधित मतदान केंद्रों पर जाकर अपना वोटर कार्ड बनाने का आग्रह किया है इस बीच निर्वाचन विभाग द्वारा युवा मतदाताओं को मतदान प्रक्रिया में भागीदार बनाने और स्वीप गतिविधियों के तहत आज से एक विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया गया है

राघव शर्मा कांगड़ा जिले में सभी मतदान केंद्रों पर दिव्यांग मतदाताओं को व्हील चेयर सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी अतिरिक्त उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया है कि दिव्यांगजनों को मतदान के प्रति प्रेरित करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान शुरू किया गया है उन्होंने कहा कि इस वर्ष चुनाव की थीम सुलभ चुनाव रखी गई है और जिले में भी इसे प्राथमिकता दी गई है राघव शर्मा ने कहा कि इस बार दिव्यांग मतदाताओं की सहायता के लिए वॉलंटियर सेवाएं भी ली जाएगी पर्यावरण ऊना के एसडीएम सुरेश जसवाल ने पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए लोगों से प्लास्टिक का उपयोग न करने का आहवान किया है ऊना में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि पॉलिथीन वातावरण को प्रदूषित करने सहित पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डालता है सुरेश जसवाल ने कहा कि प्रदेश में पॉलिथीन पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद जिले में इसका प्रयोग किया जा रहा है उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश के बाहर से आने वाले पॉलिथीन पर कड़ी नजर बनाए रखने के निर्देश भी दिए